योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

बेवकॉस्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना पर मध्यप्रदेश की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे

इसका उद्देश्य जीवन पर्यन्त सीखने के क्रम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने आस पास के रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि साक्षर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए

खंडवा जिले में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरतमंदो को मास्क वितरित किये गये

इसमें उन्हें फसल और अन्य कृषि कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराई जायेगी